प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में भाग लेने के लिये कल कानपुर आ रहे हैं इस बैठक में गगा प्रवाह वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए पांच राज्यों उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नमामि गंग मिशन के अधिकारी भी भाग लेंगे बैठक में नमामि गंगे मिशन के अन्तर्गत अब तक हुए कार्यो की प्रगति पर समीक्षा की जायेगी

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है यह विधेयक राज्यसभा में बुधवार को और लोकसभा में सोमवार को पारित किया गया था

यह संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनरलाइन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है यह कानून किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता है और न ही किसी का अधिकार छीनता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न कहा है कि सुशासन के लिये कानून का राज जरूरी है जब तक अपराधी के मन में कानून का भय नहीं होगा तब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला साइबर अपराधों पर ठोस कदम उठायेगी उन्होंने कहा कि किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक रूप से कोई कार्रवाई नहों होनी चाहिये लेकिन कोई अपराधी बचने भी न पाये इसलिये विवेचना ढंग से की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फोरेसिंक और पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिससे हम अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ कानून का राज स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर सकेंगे पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला में विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर विवेचना व अभियोजन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है

इनमें मुख्य हैं नागरिकता संशोधन विधेयक किन्नर अधिकार संरक्षण विधेयक और ई सिगरेट निषेध विधेयक

हालांकि सदन का कामकाज पूरा करने के लिए सदस्य निर्धारित समय से भी ज्यादा देर तक बैठे

राज्यसभा न कल इसे सर्वसम्मति से पारित किया

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

केन्द्रीय विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर के मानदंड लागू करने के पक्ष में नहीं है उन्होंने कहा कि समाज के इन वर्गों के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है और वे बेहद उपेक्षित रह हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार के दष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है

प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में कल रात से तेज हवा के साथ बारिश होने व कई स्थानों पर ओले पड़ने से ठंड बढ़ गई है लखनऊ मथ्रा पीलीभीत अमरोहा जौनपुर बदायूं बरेली प्रतापगढ़ कन्नौज बस्ती कौशाम्बी बलरामपुर आर अलीगढ़ सहित विभिन्न जनपदों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हरदोई में एक बालिका और ललितपुर में दो किसानों की मृत्यु हो गई वहीं अमरोहा में एक मकान गिरने से उसके मलबे में दबकर छह लोग घायल हो गये

इस बीच कषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को गेहूँ चना मटर और मसूर की दाल के लिये लाभदायक बताया है

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोये इसके अलावा जरूरतमंदों को कम्बल वितरण एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव जलाये जाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रंपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष क नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य मंत्रियों तथा सांसदों ने संसद परिसर में शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की

शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में आज संसद भवन परिसर में रक्त दान शिविर भी आयोजित किया गया

सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया था इस हमले में दिल्ली पुलिस के पांच कर्मी सीआरपीएफ की एक महिला स्रक्षाकर्मी एक माली तथा एक कर्मचारी भी मारा गया था हमले में एक पत्रकार घायल हुआ था जिसकी बाद में मौत हो गई थी अयोध्या में पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के लिये पहला पर्यटक पुलिस बूथ स्थापित किया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय पर्यटकों व श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये अयोध्या क नया घाट चौकी में यह पर्यटक प्रलिस बूथ खोला गया है लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी तृतीय वर्ष के पेपर लीक मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ द्वारा कराये जाने का निर्देश दिया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और एसटीएफ टीम मामले की जांच में सहयोग करेगी

इस बीच लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी की तीन और पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की आगामी सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी है केंद्र सरकार बारह हजार छह सौ साठ टन अतिरिक्त प्याज का आयात करेगी

अब तक लगभग तीस हजार टन प्याज के आयात का अनुबंध हो चुका है

प्रदेश के मुख्य सचिव और राजस्व परिषद के अध्यक्ष रहे पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीर कुमार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश कल जारी कर दिया है